सत्र के दौरान कोविड नाइन्टीन से संबंधित सभी साक्यानियां बरती गई हैं कार्यवाही के दौरान सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए सदस्यों ने मुख्य आगतंक कक्ष और प्रेस गैलरी का भी इस्तेमाल किया सभी विधायकों और विधानपरिषद सदस्यों तथा कर्मचारियों का कोविड नाइन्टीन परीक्षण किया जा चुका है सभाध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि कोरोना परीक्षण के बिना किसी को भी सदन में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी क्वानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही संगठित सदन ने चार वर्तमान और कई अन्य दिवंगत सदस्यों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की शोक संदेश पढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदस्य श्रीमती कमल रानी वरुण चेतन चौहान वीरेन सिंह सिरोही और पारसनाथ यादव को श्रद्वांजलि दी

देश की ख्वा में अपने प्राण गवाने वाले वीर शहीदों को भी सदन में श्रद्वांजलि दी गई इसके अलावा कोरोना महामारी से लोगों की जान बचाते हुए अपना बलिदान देने वाले विकित्सक स्वास्थ्य और सफाई कर्मियों पुलिस जवान कोरोना योद्वायों को भी श्रद्वांजलि दी गई श्रद्वांजलि के बाद सदन कल तक के लिए स्थगित हो गया इस सत्र में कई बिल प्रस्तुत करने के साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए पहले अनुपूरक मांगों और प्रस्तुतिकरण और पालन किया जाएगा एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ अयोध्या में श्रीराम जन्मनूमि मंदिर निर्माण कार्य श्रू हो गया है रूडकी के सीबीआरआई मद्रास के आईआईटी और लारसन एण्ड ट्रव्नो के इंजीनियर मंदिर निर्माण स्थल पर मिट्टी का परीक्षण कर रहे हैं कई टवीट के माध्यम से श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कहा है कि मंदिर निर्माण का कार्य छत्तीस से चालीस माह में पूरा होगा मंदिर निर्माण के लिए प्राचीन भारत की परम्परागत निर्माण तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा इसे भूकम्प तूफान तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने के अनुकूल बनाया जाएगा मंदिर निर्माण में लोहे का प्रयोग नहीं होगा पत्थरों को जोडने के लिए तांवे की प्लेटों का इस्तेमाल होगा परे मंदिर के लिए इस तरह की दस हजार प्लेट इस्तेमाल हॉगी ट्रस्ट ने राम भक्तों से इन प्लेटों को दान करने की अपील की है दानकतों इन ताम्रपत्रों पर परिवार के सदस्यों के नाम स्थान और अन्य विवरण दर्ज करवा सकते हैं ट्रस्ट ने कहा है कि ये ताम्रपत्र न केवल देश की एकता का प्रतीक होंगे बल्कि मंदिर निर्माण में सम्पूर्ण देश के योगदान को भी प्रदर्शित करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पांच अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी थी और वहां भूमि पूजन किया था देश में स्वच्छ सर्वेक्षण दो हजार बीस का प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को मिला है जबकि गंगा नदी के तट पर बसे शहरों में वाराणसी को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये पुरस्कार प्रदान किए इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण दो हजार बीस में शहरों में विभिन्न नवाचार देखने को मिले उन्होंने कहा कि स्वच्छता और कूड़ा प्रबंधन के लिए नगरीय क्षेत्रों में बहत से नये प्रयोग किए गए इस वर्ष लगभग एक करोड़ सत्तासी लाख नागरिकों ने चार हजार दौ सो बयालिस शहरों बासठ छावनी बोर्डो और गंगा तट पर बसे बानवे शहरों में किए गए सर्वेक्षण में हिस्सा लिया यह सर्वेक्षण अट्ठाईस दिन में पूरा हआ देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढकर चौहत्तर प्रतिशत हो गई है सरकार द्वारा संक्रमण से निपटने के लिए समय पर किये गये त्वरित उपायों के कारण अब तक करीब इक्कीस लाख मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों में देश में उन्सठ हजार से ज्यादा रोगी इस बीमारी से ठीक हए हैं अब तक देश में बीस लाख छानबे हजार छः सौ छाछठ लोग स्वस्थ हए हैं संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत भी घटकर एक दशमलव नौ शुन्य पर आ गया है तीस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में मृत्यू दर राष्ट्रीय औसत से कम है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घटों में लगभग उनहत्तर हजार नये मामले मिलने से अब तक संक्रमण से प्रभावित लोगों की संख्या अटठाईस लाख छत्तीस हजार नौ सौ छब्बीस हो गई है इस समय देश में कोविड के छह लाख छियासी हजार तीन सौ पंचानबे सक्रिय मामले हैं बीते एक दिन में नौ सौ सतहत्तर लोगों की मौत होने से इस बीमारी से अब तक तिरपन हजार आठ सौ छाछठ लोगों की मृत्यु हो चुकी है केन्द्र सरकार ने कहा है कि अब तक एक करोड़ बाईस लाख किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी जा चुकी है वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कोविड नाइन्टीन के कारण आई गिरावट से क्रषि क्षेत्र को उबारने के लिए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण में रियायत देने का विशेष अभियान जारी है इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया जा सकेगा और कृषि विकास तेज होगा आत्मनिर्गर भारत पैकेज के अंतर्गत दिए जाने वाले रियायती ऋण से मछआरों और डेयरी किसानों सहित दो करोड़ पचास लाख किसानों के लामान्वित होने की आशा है